झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन छाया रहा लैंड रिकार्ड्स में गड़बड़ी और डीवीसी मुख्यालय का मामला कई विधयेक भी पास हजारीबाग जिले में तालाब में डूबने से पांच बच्चों की मौत पश्चिमी सिंहभूम में आग से झुलस कर दो बच्चों ने तोड़ा दम और कृतज्ञ राष्ट्र ने आज भगत सिंह राजगुरू और सुखदेव को उनके शहादत दिवस पर दी भावभीनी श्रद्वांजलिझारखंड ने भी किया नमन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

आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी पात्र लोगों से तुरंत पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का अनुरोध किया

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इनकी कोई कमी नहीं है

देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं यह आदेश एक अप्रैल से तीस अप्रैल तक प्रभावी रहेगा नया आदेश में कोरोना संक्रमण की रोक थाम के लिए देश के सभी हिस्सों में टेस्ट ट्रैक ट्रीट प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने को कहा गया हैं इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आदेश भी जारी किया गया हैं

सिविल सर्जन डॉ हिमांश् भूषण ने बताया कि पहले चरण की अपेक्षा दूसरे चरण में लोगों का अधिक रिस्पांस मिल रहा है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व ने कोरोना के समय में भारत की क्षमता देखी है

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने जो काम किया है वह इतिहास बन जाएगा बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट की विशेषताओं के बारे में बताया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कोरोना के दौरान भारत की वैक्सीन नीति के बारे में जानकारी दी झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज संम्पन हो गया बजट सत्र के आखिरी दिन प्रश्न काल और ध्यानाकर्षण काल में राज्य के लैंड रिकार्ड्स मे हुई गड़बड़ी जेपीएससी और डीवीसी मुख्यालय का मामला छाया रहा विधायक सरफराज अहमद द्वारा डीवीसी मुख्याला झारखंड लाने से संबंधित पूछे गए सवाल का जवाब देतें हुए प्रभारी मंत्री मिथलेश ठाकुर ने सदन को आश्वस्त किया कि डीवीसी का मुख्यालय झारखंड लाने के लिए शीघ्र ही बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ सचिव स्तर की वार्ता कराई जाएगी बजट सत्र के आखिरी दिन विधानसभा परिसर में होली मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया इस दौरान झारखंड विधानसभा के चैनल का लोकार्पण किया गया

उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री दानवे रावसाहेब दादाराव ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी उनसे यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या नीति आयोग ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे को घटाने की सिफारिश की है

उच्चतम न्यानयालय ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित छह महीने के ऋण स्थगन की अवधि बढाने से इन्कार कर दिया है और कहा है कि स्थगन अवधि के दौरान पूरा ब्याज माफ नहीं किया जा सकता शीर्ष न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित छह महीने के ऋण स्थगन की अवधि बढाने के बारे में विभिन्न व्यापार संघों और कॉरपोरेट निकायों की याचिकाएं नामंजूर कर दी है न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केन्द्र के वित्तीय नीति संबंधी फैसले यदि दुर्भावनापूर्ण और मनमाने नहीं हो तो शीर्ष न्यायालय उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह सरकार या रिजर्व बैंक को किसी क्षेत्र विशेष या अन्य के लिए विशेष वित्तीय पैकेज या राहत घोषित करने के लिए कोई निर्देश नहीं दे सकता

हजारीबाग जिले के कटकमसांडी प्रखंड क्षेत्र स्थिति बली बांध तालाब में डूबने से आज पांच बच्चों की मौत हो गई

इसी दौरान डूबने से सभी की मौत हो गई

कटकमसांडी के अंचल अधिकारी अनील कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि आपदा प्रबंधन के प्रावधानों के अनुसार परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाएंगी

इसमें मात मृत्यु अनुपात शिश् मृत्यु दर पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर और कुल मृत्यु दर में आई गिरावट की जानकारी भी शामिल है इस दौरान मलेरिया कालाजार डेंगू और तपेदिक कुष्ठ रोग वायरल हैपेटाइटिस जैसे विभिन्नं रोग कार्यक्रमों के संबंध में प्रगति का भी जायजा लिया गया साहिबगंज जिले में वर्षा जल संचयन एवं प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर कैच द रेन अभियान शुरू हो गया है इसकी सफलता के लिए जिले भर की जलसहिया लोगों को जागरूक कर रही हैं

उनकी गिरफ्तारी लातेहार जिले के बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हई है डॉ प्रसाद वहां पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थे

चतरा के पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा ने बताया कि आरोपी के विरूद्व चतरा सदर थाना में मामला दर्ज था लेकिन वे फरार चल रहे थे भारतीय रेलवे ने आग लगने की घटनाओं के मद्देनजर रेलगाडियों में ध्रम्रपान करने और आग पकडने वाली वस्तुए लाने ले जाने को रोकने के लिए एक बडा अभियान शुरू किया है

कृतज्ञ राष्ट्र आज भगत सिंह राजगुरू और सुखदेव को उनके शहादत दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है

शहीदों की याद में देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का फिल्म प्रभाग इन क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि स्वरूप आज दो फिल्म प्रदर्शित कर रहा है अंग्रेजी फिल्म भगत सिंह में बचपन से लेकर फांसी के दिन तक भगत सिंह की जीवनगाथा को दिखाया गया है राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप तीन अप्रैल से सिमडेगा मे आयोजित होगी

संक्षिप्त खबरें शहीदे आजम भगत सिंह राजगुरू और सुखदेव के शहादत दिवस पर आज झारखंड के विभिन्न जिलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए इस सिलसिले में पलामू जिलें में रंग यात्रा निकाली गई पलामू जिलें के छत्तरपुर अनुमंडल क्षेत्र से पुलिस ने पिछले चौबीस घंटों में तीन लोगों के शव बरामद किए हैं पुलिस के अनुसार तीनों ने आत्महत्या की हैं धनबाद जिलें साईबर अपराध के संदेह में पुलिस ने चार युवकों हिरासत में लिया हैं